यूवा और महिला सहित सभी वर्ग के मतदाताओं में वोटिंग को लेकर उत्साह

सभी मतदान केन्द्रों पर केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बल तैनात

कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच लोकसभा चुनाव के पहले चरण में प्रदेश के चार लोकसभा क्षेत्रों औरंगाबाद जमुई गया और नवादा के लिए सुबह सात बजे से मतदान शुरू हो गया है हमारे संवाददाताओं ने खबर दी है कि शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है मतदान केन्द्रों पर सुबह से ही युवा महिला सहित अन्य मतदाताओं की लंबी कतार देखी जा रही है मतदान को लेकर वोटरों में विशेष उत्साह देखा जा रहा है गया के दंडीवात क्षेत्र में मतदान केन्द्र संख्या दो सौ सत्ताईस पर वोट डालकर निकले जीवन दांगी ने बताया साउंड बाईट जीवन दांगी इस बार का चुनाव व्यवस्था बहुत अच्छा है और प्रशासन भी अलर्ट है और महिलाएं खास करके महिलाएं और पुरूप सुबह से ही कतार में लगे हुए हैं और जैसे ही शुरू हुआ है मतदान और यो बहुत उत्साहपूर्यक मतदान कर रहे हैं गया से हमारे संवाददाता ने बताया कि महिला वोटरों के लिए विशेष सखी बूथ बनाये गये हैं साउंड बाईट कमल नयन महिला मतदाताओ के लिए इक्कीस सखी बूथ और दिव्यांग मतदाता के लिए एक विशेष मतदान केन्द्र बनाया गया है जहां रैंप और रहीलचेयर रखा गया है सुरक्षा बल के जवान तैनात है शांतिप्रर्यक मतदान चल रहा है आकारावाणी समाचार के लिए गया से कमल नयन पहली बार मतदान कर रहे नवादा के एक वोटर ने कहा मैं शुभम कश्यप मतदान केन्द्र संख्या उनहत्तर वारिसलीगंज नवादा में पहली बार मतदान करके बहत अच्छा फील कर रहा हूं ये मतदान बहुत ही जरूरी है हमारे भविष्य के लिए हमारे देश के लिए

इन संसदीय क्षेत्रों में तीन महिला उम्मीदवारों समेत कुल चौवालीस प्रत्याशी मैदान में हैं पहले चरण में हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी तथा लोक जनशक्ति पार्टी संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष चिराग पासवान की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है इसके अलावा औरंगाबाद से तीन बार सांसद रहे भाजपा के सुशील कुमार सिंह पूर्व सांसद भूदेव चौधरी पूर्व विधान पार्षद् उपेंद्र प्रसाद पूर्व विधायक विजय कुमार मांझी और ओबरा के पूर्व विधायक सोम प्रकाश जैसे दिग्गज भाग्य आजमा रहे हैं आज ही नवादा विधानसभा उपचुनाव के लिये भी मतदान हो रहा है इस विधानसभा उपचुनाव में आठ उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं निर्वाचन आयोग ने स्वतंत्र निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सम्पन्न कराने के लिये सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किये हैं अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजय कुमार सिंह ने बताया कि पैंतालीस हजार कर्मियों को चुनावी ड्यूटी में लगाया गया है उन्होंने बताया कि सुरक्षा की दृष्टि से नक्सल प्रभावित इलाकों और प्रत्येक मतदान केन्द्र पर अर्द्वसैनिक बलों की तैनाती की गयी है वहीं जिला पुलिस होमगार्ड सैप और बीएमपी के जवानों को भी सुरक्षा में लगाया गया है पूरी मतदान प्रक्रिया की दो हेलीकाप्टरों के माध्यम से निगरानी की जा रही है किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिये एयर एम्बुलेंस की भी व्यवस्था की गयी है श्री सिंह ने बताया कि तीन सौ पचास मतदान केन्द्रों से लाईव वेबकास्टिंग हो रही है मतदान समाप्ति के बाद जीपीएस लगे वाहनों से ईवीएम को स्ट्रांग रूम तक पहुंचाया जायेगा पहली बार सभी ईवीएम के साथ वीवीपैट मशीन का भी उपयोग किया जा रहा है चुनाव आयोग ने पहले चरण में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा के मद्देनजर मतदान की अवधि घटा दी है अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजय कुमार सिंह ने बताया कि औरंगाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के कुटुम्बा रफीगंज गुरूआ इमामगंज और टिकारी विधानसभा क्षेत्रों में सुबह सात बजे से शाम चार बजे तक मतदान होगा वहीं नवादा के गोविंदपुर और रजौली गया के शेरघाटी बाराचट्टी और बोधगया तथा जमुई संसदीय क्षेत्र के सिंकदरा जमुई झाझा चकाई और तारापुर विधानसभा क्षेत्र में भी शाम चार बजे तक ही वोट डाले जायेंगे शेष क्षेत्रों में मतदान की अवधि सुबह सात बजे से शाम छह बजे तक रहेगी पहले चरण के चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग ने पटना में राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में एक नियंत्रण कक्ष की स्थापना की है मतदान प्रक्रिया शुरू होने से लेकर मतदान समाप्ति तक यह नियंत्रण कक्ष काम करेगा लोग नियंत्रण कक्ष के द्रभाष संख्या शून्य छह एक दो दो दो एक पांच नौ सात आठ या फैक्स नम्बर शून्य छह एक दो दो दो एक पांच छह एक एक पर अपनी शिकायत या किसी अन्य प्रकार की सूचना दे सकते हैं इसके अलावा ई मेल आईडी सीईओ बिहार एट जीमेल डॉट कॉम पर भी शिकायतें भेजी जा सकती हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज हो रहे पहले चरण के मतदान के लिए सभी मतदाताओं से बड़ी संख्या में मतदान करने की अपील की है उन्होंने विशेष कर यूवा और पहली बार मतदान कर रहे वोटरों से उत्साहपूर्वक लोकतंत्र के इस महापर्व में भागीदारी करने को कहा है मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा ने मतदाताओं से भारी संख्या में मतदान में भाग लेकर देश में लोकतंत्र के आधार को और मजबूत तथा मुखर बनाने की अपील की है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज भागलपुर में एनडीए की चुनावी सभा को संबोधित करेंगे श्री मोदी जदयू प्रत्याशी अजय मंडल के समर्थन में चुनाव प्रचार करेंगे प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किये गये हैं चौथे चरण के तहत पांच संसदीय क्षेत्रों में छियासठ उम्मीदवारों के नामांकन पर्चे सही पाये गये हैं इस चरण में पांच लोकसभा क्षेत्रों दरभंगा उजियारपुर समस्तीपुर बेगूसराय और मुंगेर में दाखिल नामांकन पत्रों में चालीस की उम्मीदवारी रद्द कर दी गयी है लोकसभा चुनाव में टिकट नहीं मिलने से नाराज राजद के तीन बड़े नेताओं ने पार्टी छोड़ दी है पूर्व सांसद मंगनी लाल मंडल पूर्व विधान पार्षद राम बदन राय और पूर्व विधायक जगत नारायण कुशवाहा सहित कई नेताओं ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है राज्य के मेडिकल कॉलेजों के जूनियर डॉक्टरों ने अपनी हड़ताल समाप्त कर दी है स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव के आश्वासन के बाद जूनियर डॉक्टरों ने हड़ताल वापस लेने की घोषणा की सूर्योपासना के चार दिवसीय महापर्व चैती छठ के तीसरे दिन आज व्रतधारी अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य अर्पित करेंगे महापर्व के अगले दिन कल उदीयमान सूर्य को अर्घ्य अर्पित करने के साथ ही व्रत की समाप्ति हो जायेगी चैती छठ के अवसर पर गंगा घाटों पर भीड़ के मद्देनजर पटना के गायघाट पीपा पुल पर वाहनों के परिचालन पर रोक लगा दी गयी है इधर वासंती नवरात्र के छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा अर्चना की जा रही है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने पहले चरण के मतदान से जूड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है हिन्दुस्तान ने लिखा है गया समेत बिहार की चार सीटों पर मतदान आज दैनिक जागरण की सुर्खी है जीतनराम मांझी चिराग पासवान सहित कई लोग मैदान में चुनाव वाले क्षेत्र में सहूलियत के लिए सार्वजनिक अवकाश घोषित दैनिक भास्कर का शीर्षक है आयोग ने कहा वोटिंग तक सिनेमा पर सियासी फायदे वाली सामग्री नहीं चलेगी प्रभात खबर लिखता है सुप्रीम कोर्ट ने लालू प्रसाद की जमानत याचिका खारिज की

यूवा और महिला सहित सभी वर्ग के मतदाताओं में वोटिंग को लेकर उत्साह

सभी मतदान केन्द्रों पर केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बल तैनात